प्रदेश भाजपा प्रमुख बीडी शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे श्री शर्मा ने बताया कि लगभग एक लाख लोग और एक हजार से अधिक प्रब्द्ध नागरिक इस वर्चअल रैली में शामिल होंगे उन्होंने बताया कि आज से राज्य के सात संभागों में सात वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी रोजगार सेत् मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद रोजगार सेतू पोर्टल का लोकार्पण करेंगे यह पोर्टल हर श्रमिक को रोजगार देने के लिये बनाया गया है इसमें रोजगार देने वाली कंपनियों को भी जोड़ा गया है

पाठ्यक्रम केन्द्र सरकार आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिणक घंटों में कमी के विकल्प पर विचार कर रही है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार को कोरोना महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए माता पिता और शिक्षकों से बहुत सारे अनुरोध मिले हैं

आगरमालवा जिला चिकित्सालय में अब कोरोना मरीजों के सेम्पल की जांच हो सकेगी इसके लिये मशीने अस्पताल में आ चुकी है

हरदा जिला मुख्यालय पर एक युवक कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र को केंटोनमेंट घोषित कर दिया है

दुर्घटना शाजापुर जिले के बिजनाखेड़ी गांव में निर्माणाधीन कुए की मिट्टी धसकने के कारण चार श्रमिकों की मौत हो गयी सभी के शव आज मलबे से निकाले गए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है

इससे नर्मदा घाटी की निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा और नवीन स्वीकृत योजनाओं को तत्काल प्रारंभ किया जा सकेगा

होशंगाबाद जिले में विक्रय के दौरान लॉकडाउन का पूरा पालन करवाया जा रहा है